सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए दिए हैं

देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए यह क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किये गये हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है

यह संयंत्र नोएडा लखनऊ गोरखपुर और भोपाल के सरकारी अस्पतालों में लगाये जायेंगे

टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण को पिन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु एप पर कल से आरंभ होगा रेल मंत्रालय विभिन्न राज्यों की कोविड देखभाल डिब्बों की मांग पूरी करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है

हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड देखभाल डिब्बों की अब तक मांग नहीं की है

इन डिब्बों में आठ सौ विस्तरों की व्यवस्था है

यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं यह दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंघान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुषक्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है यह चार जड़ी बूटियों का एक सरल मिश्रण है

नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनना जरूरी है

अयोध्या के कालेराम मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में कोविड नियमों के तहत श्रीहनुमान जी की जयंती मनाई जा रही है धर्माचार्यो ने श्रद्वालुओं से अनुरोघ किया है कि कोरोना महामारी के कारण श्रद्वालु अपने घरो में ही श्रीमहायीर जी की जयंती मनायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है ट्वीटर पर श्री मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती का पावन अवसर बजरंग बली की दया और समर्पण की याद दिलाता है श्री मोदी ने कामना की कि कोविड महामारी से लड़ाई में भगवान हनुमान का आशीर्वाद बना रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को हनुमान जी की जयंती पर बधाई दी है